प्रधानमंत्री ने आज कुंडली गाजियाबाद पलवल के नये एक्सप्रेस वेअ को भी राष्ट्र को समर्पित किया

पंचायत मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने झज्जर में कहा कि महिलाओं के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने पर ही समाज की उन्नती हो सकती है

अतीत बजाज और उनकी बेटी दीया एवरेस्ट की चढाई करने वाली पिता पुत्री की जोड़ी बन गई प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा ही नहीं कि केवल युवा ही एवरेस्ट की चढाई कर रहें

परंपरागत खेलों का जिक करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिट्ठ गिल्लि डंडा खो खो जैसे खेल लुप्त हो रहे हैं जिससे बचपन का जोश भी खत्म हो रहा है मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कॉमनवेल्थ खेलों के नायक छवि यादव की बात का भी जिक किया और गर्मी की छटिटयों में इंटरनेट की बजाए शारीरिक खेलों में वक्त व्यतीत करने की सलाह दी प्रधानमंत्री ने कहा कि पारंपरिक खेल कुछ इस तरह से बने हैं कि शारीरिक श्रमता के साथ साथ वो हमारी एकाग्रता स्फूर्ति को भी बढावा देते हैं और खेल सिर्फ खेल नहीं होते हैं वह जीवन के मुल्यों को सिखाते हैं

उन्होंने कहा कि इस पर्यावरण दिवस पर हम सब इस बारे में सोचे कि हम अपने गृह को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए क्या कर सकते हैं

श्री मोदी ने कहा कि नियमित योगा अभ्यास करने पर कुछ अच्छे गृण सगे संबंधियों व मित्रों की तरह हो जाते हैं

देश के प्रतिष्ठित कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया प्रधानमंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाई गई डिजीटल आर्ट गेलरी का उदघाटन भी किया जिसके उपरांत उन्होंने इस निरीक्षण किया

इस डिजीटल आर्ट गेलरी में चलचित्रों द्वारा के जी पी की जमीन अधिग्रहण किसानों की समस्याओं के समाधान आदि को चलचित्रों द्वारा दिखाया गया है प्रधानमंत्री ने प्रयोग की गई तकनीक अब सौर उर्जा सड़क सड़क पर प्रयोग की गई ड्रिप सिंचाई की तकनीक हाईवे निर्माण के बाद दिल्ली व अन्य शहरों को होने वाले फायदे के बारे में विस्तार से जानकारी दी

उन्होंने बताया कि दिल्ली में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए एच ए आई द्वारा इस्टर्न पैरीफेरल एक्सप्रेस वे केजीपी का निर्माण किया गया है

हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि ग्रामीण परिवेश में महिलाओं के आत्म निर्भर बनने पर ही सही मायनों में समाज उन्नती के मार्ग पर अग्रसर होगा यह तभी संभव है जब महिलाएं विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी आज झज्जर में एक कार्यक्रम में पंचायत मंत्री ने उम्मीद व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग के सहयोग से सिंगर इंडिया द्वारा ग्रामीण परिवेश में शुरू किया गया समर्था कार्यक्रम महिलाओं का कौशल निखार कर उन्हें आत्म निर्भर बनाएगा उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों में प्रतिभा की कमी नहीं है केवल उनको सही मार्ग दिखाने की जरूरी है उन्होंने कहा कि समर्था एक नाम नहीं पहचान बने

कौशल विकास मंत्री विपुल गोयल ने विद्यार्थियों की कामयाबी पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि विभाग की ओर से सभी को सम्मानित किया जाएगा